इसी के साथ प्रत्याशियों के नामांकन भरने का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा ग्यारह अप्रैल को प्रदेश के केवल एक लोकसभा क्षेत्र बस्तर में मतदान होगा पहले चरण में नामांकन भरने की अंतिम तिथि पच्चीस मार्च है छब्बीस मार्च को सभी नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और अट्ठाईस मार्च तक नाम वापस लिए जा सकते हैं वहीं अट्ठारह अप्रैल को दूसरे चरण के तहत तीन लोकसभा क्षेत्र कांकेर राजनांदगांव और महासमुंद में चुनाव होगा इस चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया उन्नीस मार्च से शुरू होकर छब्बीस मार्च तक चलेगी सत्ताईस मार्च को नामांकन पत्रों की जांच के बाद उनतीस मार्च तक नाम वापस लिए जा सकते हैं इसके अलावा तेईस अप्रैल को होने वाले तीसरे चरण के चुनाव में सात लोकसभा क्षेत्र रायपुर बिलासपुर रायगढ़ कोरबा जांजगीर चांपा दुर्ग और सरगुजा में मतदान होगा इन सभी सीटों के लिए नामांकन की प्रक्रिया अट्ठाईस मार्च से शुरू होगी जो चार अप्रैल तक चलेगी इस चरण के लिए पांच अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी वहीं नामांकन पत्रों की वापसी आठ अप्रैल तक हो सकेगी इन सभी ग्यारह निर्वाचन क्षेत्रों की मतगणना तेईस मई को होगी प्रदेश में इस बार एक करोड़ नवासी लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे कांग्रेस सूची भाजपा बैठक कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने सत्ताईस प्रत्याशियों की चौथी सूची जारी कर दी है जिनमें छत्तीसगढ़ के पांच प्रत्याशी भी शामिल हैं कल देर रात नई दिल्ली में हुई केन्द्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद इन नामों की घोषणा की गई इस बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल हुए छत्तीसगढ़ के जिन पांच सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हुई है उनमें सरगुजा से खेलसाय सिंह रायगढ़ से लालजीत सिंह राठिया जांजगीर चांपा से रवि भारद्वाज बस्तर से दीपक बैज और कांकेर से बीरेश ठाकुर शामिल हैं छत्तीसगढ़ की बाकी छह लोकसभा सीटों के उम्मीदवारों के नामों की घोषणा अट्ठारह मार्च के बाद किए जाने की संभावना है दूसरी ओर भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की भी कल नई दिल्ली में बैठक हुई इसमें लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम तय करने पर विचार विमर्श हआ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने भाजपा मुख्यालय में इस बैठक की अध्यक्षता की बैठक में केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज राजनाथ सिंह अरुण जेटली और किरेन रिजिजू के अलावा छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक और छत्तीसगढ़ प्रभारी अनिल जैन भी शामिल हुए निर्वाचन आयोग चुनाव घोषणा पत्र निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों पर मतदान से पहले के अड़तालीस घंटे के दौरान चुनाव घोषणा पत्र जारी करने पर रोक लगा दी है आयोग ने चुनाव घोषणा पत्र को अब आदर्श आचार संहिता का भाग बना दिया है जनप्रतिनिधित्व अधिनियम उन्नीस सौ पंचानवे की धारा एक सौ छब्बीस के अंतर्गत प्रतिबंधित अवधि के दौरान एक चरण के मतदान के चुनाव के लिये घोषणा पत्र जारी नहीं किया जा सकेगा एक से अधिक चरण के मतदान की स्थिति में भी प्रतिबंधित अवधि के दौरान चुनाव घोषणा पत्र जारी करने पर रोक रहेगी आयकर नियंत्रण कक्ष लोकसभा चुनाव के दौरान वित्तीय अनियमितता रोकने के लिए आयकर विभाग ने नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है रायपुर के आयकर भवन स्थित यह नियंत्रण कक्ष सातों दिन चौबीस घंटे संचालित रहेगा आम नागरिक निर्वाचन के दौरान किसी भी प्रकार की वित्तीय गड़बड़ी की शिकायत टोल फ्री नंबर पर कर सकते हैं

बातों बातों में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू अब से कुछ देर बाद आकाशवाणी रायपुर से लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता के विभिन्न पहलुओं और प्रावधानों की जानकारी देंगे आकाशवाणी केन्द्र रायपुर के प्रादेशिक समाचार संपादक विकल्प शुक्ला द्वारा ली गई इस भेंटवार्ता का प्रसारण आज रात साढ़े आठ बजे किया जाएगा समाचार केन्द्र के साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में तहत उनकी इस भेंट वार्ता का प्रसारण आकाशवाणी के सभी केन्द्र एक साथ करेंगे इस कार्यक्रम को मीडियम वेब नौ सौ इकयासी किलोहर्ट्ज पर सुना जा सकेगा

एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्र की सेवा में दुढ़ता से खड़े हैं उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार गंदगी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़ने वाला और भारत की प्रगति के लिए काम करने वाला प्रत्येक व्यक्ति चौकीदार है श्री मोदी ने अपने ट्वीटर हैंडिल पर एक संक्षिप्त वीडियो भी पोस्ट किया है जिसमें लोगों से अपील की गई है कि वे इस महीने की इकतीस तारीख को मैं भी चौकीदार नाम के अभियान का हिस्सा बनें प्रधानमंत्री की इस अपील के बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह सूचना और प्रसारण मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर रेल मंत्री पीयूष गोयल और भाजपा की आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने भी ट्विटर पर अपने नाम के आगे चौकीदार शब्द लगा लिया है वहीं छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह पार्टी के प्रदेश प्रभारी अनिल जैन और नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक सहित कई पूर्व मंत्रियों ने भी अपने नाम के साथ चौकीदार शब्द जोड़ दिया है शराब दुकान कार्रवाई प्रदेश में लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए आबकारी विभाग ने अवैध शराब के कारोबार और अधिक मूल्य पर शराब बेचे जाने की शिकायतों को गंभीरता से लिया है विभाग ने कल राज्य के विभिन्न संभागो में इंक्यानवे देशी विदेशी मदिरा की दुकानों में अचानक दबिश दी इनमें से सात दुकानों में अधिक मूल्य पर शराब बेचने की शिकायत मिलने पर इन दुकानों के प्रभारी कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की गई आबकारी अधिकारियों ने बिलासपुर बस्तर संभाग के अलावा रायपुर संभाग की सतहत्तर दुकानों का भी छापामार शैली में निरीक्षण किया मोर रायपुर वोट रायपुर लोकसभा चुनाव के लिए अनिवार्य मतदान के उद्देश्य से आज रायपुर में फिटनेस और हेल्थ अवेयरनेस से जुड़े अनेक नागरिकों को मोर रायपुर वोट रायपुर अभियान की शपथ दिलाई गई कलेक्टर डॉक्टर बसवराजु एस और स्वीप के जिला नोडल अधिकारी डॉक्टर गौरव कुमार सिंह इस अभियान में शामिल हुए उन्होंने लोगों से जिला प्रशासन की वेबसाइट मोर रायपुर वोट रायपुर से जुड़कर ई वोटर्स मिलेनियम चेन में शामिल होने की अपील की इस कार्यक्रम में जानी मानी हॉकी खिलाड़ी नीता डुमरे और कराते की नेशनल ट्रेनर हर्षा साहू को स्वीप एंबेसडर के रूप में स्वीप टीम में शामिल किया गया होली शांति व्यवस्था लोकसभा चुनाव के लिए जारी आदर्श आचार संहिता और होली के त्यौहार को देखते हुए रायपुर पुलिस ने सभी लोगों से त्यौहार के दौरान शांति बनाए रखने की अपील की है साथ ही अवैध रूप से चंदा वसूलने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने की चेतावनी भी दी है अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी आशुतोष पाण्डेय और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर प्रफुल्ल ठाकुर ने रायपुर में शांति समिति की बैठक ली बैठक में उन्होंने कहा कि वर्तमान में लोकसभा निर्वाचन की आदर्श आचार संहिता लागू है इसका भी पालन अनिवार्य रूप से किया जाये श्री पाण्डेय ने बताया कि आग्नेय अस्त्र शस्त्र का उपयोग और प्रदर्शन प्रतिबंधित है परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग धीमी स्वर में रात दस बजे तक ही किया जा सकेगा

सर्टिफिकेशन कोर्स रायपुर में लोकसभा निर्वाचन के लिए नवपदस्थ सहायक रिटर्निंग अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया दो दिवसीय इस सर्टिफिकेशन कोर्स में सहायक रिटर्निंग अधिकारियों को निर्वाचन के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराया गया प्रशिक्षण के दौरान उन्हें बताया गया कि आदर्श आचरण संहिता का पालन करते हुए आम लोगों की सुविधा का कैसे ध्यान रखा जाए साथ ही अधिक पैसे लाने ले जाने पर निगरानी दलों और जांच केन्द्रों की छानबीन के दौरान भी सतर्कता बरती जाए प्रशिक्षण कार्यक्रम में मास्टर ट्रेनरों ने बताया कि निगरानी दल की जांच के दौरान प्रचार सामग्री के साथ यदि दस हजार रूपए से अधिक की राशि पाई जाती है तो जब्ती की कार्रवाई की जाएगी इसके अतिरिक्त यदि आम नागरिक पैसे लेकर जाए तो उसके लिए अपने पास प्रमाण के रूप में दस्तावेज रखना होगा माओवादी गिरफ्तार दंतेवाड़ा जिले के कटेकल्याण थाना क्षेत्र से सुरक्षा बलों ने दो माओवादियों को गिरफ्तार किया है सूरनार गांव के पास पुलिस और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ के बाद घटनास्थल की घेराबंदी के दौरान इन माओवादियों को पकड़ा गया इनके पास से टिफिन बम डेटोनेटर पिट्ठू माओवादी साहित्य और दैनिक उपयोग का सामान भी बरामद किया गया है ये माओवादी दुवालीकरका बड़ेलखापल और सूरनार क्षेत्र में कई वर्षो से माओवादी संगठन से जुड़कर काम कर रहे थे